सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अभी इस महामारी की कोई वैकसीन और उपचार उपलब्ध नहीं है इसलिए मास्क लगाना सुरक्षित दूरी और बार बार हाथ धोना ही इससे सुरक्षा के उपाय हैं उन्होंने कहा कि यह अभियान पोस्टर बैनर और सोशल मीडिया के जरिए चलाया जाएगा बिक्रम सिंह प्रदेश सरकार इंटर स्टेट बस सेवा शुरू करने के लिए जल्द फैसला लेगी परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहले चरण में अम्बाला तक बसें चलाई जाएंगी

इस बीच एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिकम सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान को जनअभियान बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि परिवहन व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के ब्लैक स्पॉट्स ठीक करने के निर्देश भी दिए वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने चंबा ज़िले के राजपूरा में एक करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले ई किसान भवन की आज आधारशिला रखी इस मौके पर उन्होंने किसानों से जैविक खेती को अपनाने का आहवान किया

वीरेंद्र कंवर ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा

एक बयान में उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने वाले चुनिंदा राजनेताओं में से एक है अनुराग ठाकुर ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सशक्त नेतृत्व की नई परिभाषा गढ़ी है

भारद्वाज इस बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं

शिमला से जारी एक बयान में भारद्वाज ने कहा कि उनके बड़े बेटे के संक्रमित पाए जाने संबंधी सूचनाएं गलत है उनकी धर्मपत्नी व छोटा बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं प्रोटोकॉल प्रदेश सरकार ने अटल टनल रोहतांग के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनज़र सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया एक सरकारी प्रवक्ता से अनुसार कार्यकम में शामिल सभी लोगों का कोविड टैस्ट किया गया और कोविड नेगेटिव लोगों को ही कार्यकम में शामिल होने की अनुमति दी गई उन्होंने कहा कि संक्रमित पाए गए लोगों को मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथक किया गया सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल व वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांग्रेस पर कोरोना महामारी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक संयुक्त बयान में उन्होंने संकमण के लिए भाजपा नेताओं को दोषी ठहराने पर खेद जताया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और अन्य राज्यों की तुलना में संक्रमितों की संख्या व मृत्यु दर कम है

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना संकटकाल में बढ़चढ़ कर काम किया उन्होंने कांग्रेस पर निम्न स्तर की राजनीति करने का भी आरोप लगाया

उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमजोर करने का भी आरोप लगाया है मुकेश अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर कोरोना से निपटने में विफल रहने का अरोप लगाया है आज चंबा में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में व्यवस्था चरमरा गई हैं और अस्पतालों की हालत भी दयनीय है उन्होंने सरकार से कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर कोरोना के दौरान बस किराये में बढ़ौतरी व राशन मंहगा करने का भी आरोप लगाया उन्होंने राज्य सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों को परेशान न करने व समय पर वेतन देने का भी आग्रह किया अटल टनल अटल टनल रोहतांग के अंदर अनावाश्यक स्टॉपेज ऑवरस्पीड रैश ड्राइविंग व गलत तरीके से ओवरटेकिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है इस संबंध में कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने आज एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी

राजन सुशांत पूर्व सांसद राजन सुशांत ने प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है सोलन में आज विभिन्न समस्याओं को लेकर धरने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर असफल रहने का भी आरोप लगाया राजन सुशांत ने विधायकों व मंत्रियों को दी जाने वाली पेंशन भी बंद करने की बात कही कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने कृषि बिल के विरोध में आज कांगड़ा जिले के शाहपुर में रैली निकाली इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि लगातार विरोध प्रदर्शन कर केंद्र पर इन बिलों को वापिस लेने का दबाव बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर किसानों को इन बिलों की खामियों के बारे में अवगत करवाया जाएगा राठौर ने कृषि बिल को किसानों का शोषण करने वाला बताया इस मौके पर कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने कहा कि ये बिल किसानों के नहीं बल्कि प्रंजीपतियों के हित में है सुभाष ठाकुर बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने आज ग्राम पंचायत बल्ह चुराणी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के भवन का उद्घाटन किया